ये अदालते उन जिलों में गठित की जाएगी जहां यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण कानून पोक्सो के तहत एक सौ या इससे अधिक मुकदमे लंबित हैं

इन अदालतों में सिर्फ पोक्सो कानून के तहत दर्ज मामलों की ही सुनवाई होगी पीठ ने कहा कि केन्द्र पोक्सो कानून से संबंधित मामलों को देखने के लिए अभियोजकों और सहायक कार्मिकों को संवेदनशील बनाये तथा उन्हें प्रशिक्षित करें न्यायालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ऐसे सभी मामलों में फॉरेन्सिक रिपोर्ट समय से पेश की जाए

श्री पायलट ने आज जयपुर में मनरेगा श्रमिकों के साथ संवाद कर रहे थे

राज्य विधानसभा में आज एक तारांकित प्रष्न का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री हरीष चौधरी ने बताया कि जन घोषणा पत्र में बालोतरा को जिला बनाने का उल्लेख है लेकिन जनता को सरकार ने पांच साल का वक्त दिया है इसी मुद्दे पर प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया के पूरक प्रष्न पर श्री चौधरी ने कहा कि सरकार को परमेष चंद कमेटी की ओर से नये जिलों के गठन के लिए कोई सिफारिष नहीं की है

आज विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि राज्य में पवन ऊर्जा के संयंत्र स्थापित करने के लिए जैसलमेर जोधपुर बाडमेर और चित्तौडगढ जिलों को चिन्हित किया गया उन्होंने बताया कि इन प्लांट के लिए जो भूमि चयनित की गई उसमें बिलानाम मगरा गैर मुमकिन पहाड़ जैसी भूमि है इसी तरह सौर ऊर्जा के लिए जैसलमेर बाडमेर जोधपुर प्रतापगढ चित्तौडगढ नागौर जयपुर सिरोही और भीलवाड़ा जिले चयनित किए गए हैं

शून्यकाल में पर्ची के माध्यम से उठाए गए मुद्दों पर जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि राज्य में सिलिकोसिस पॉलिसी बनाई जा रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिलिकोसिस प्रभावित क्षेत्रों में सरकार शिविर लगाएगी और वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा कर्मियों की कमी को पूरा करेगी और इसकी बीमारी के इलाज की व्यवस्था की जाएगी

विधानसभा में आज रामगढ़ बांध के कैचमेंट क्षेत्र में अतिक्रमण का मामला उठा प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में पुछे गए सवाल के जवाब में जल संसाधन मंत्री बी डी कल्ला ने कहा कि बांध के कैचमेंट क्षेत्र में अतिक्रमण पर लगातार निगरानी की जा रही है

सभी एनीकट हटाने के संबंध में श्री कल्ला ने कहा कि इन्हें हटाना संभव नहीं है और इनकी ऊंचाई सिर्फ दो मीटर है

आज नई दिल्ली में दूरदर्शन केन्द्र में अत्याध्रनिक वीडियो वॉल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इससे और अधिक लोग दूरदर्शन की ओर आकृष्ट होंगे उन्होंने कहा कि विश्वसनीय और सकारात्मक खबरें बिना किसी देरी के लोगों तक पहुंचनी चाहिए और इसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं

हादसा उदयपूर बांसवाडा मार्ग पर केवला की ताल के पास हुआ उदयपूर के अतिरिक्त पूलिस अधीक्षक दशरथ सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि कार और एक मिनी बस के बीच हुई इस टक्कर में कार में सवार लोगों की मृत्यु हुई है उन्होंने बताया कि घायलों को उदयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है

हिण्डोली क्षेत्र के पानीढाल के कुछ खेतों में मक्का की फसल में सैन्य कीट आंशिक रूप से पाया गया इसके अलावा सहसपुरिया पेच की बावडी विजयगढ और ओवण गांवों में मक्का की फसल में तना छेदक का आंशिक प्रकोप पाया गया है

सीकर में आज तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया

राजधानी जयपुर में कल रात से आज दोपहर तक लगातार बारिश हुई

मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर तथा पश्चिमी राजस्थान के एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है